कोविड महामारी के ख़िलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला राज्य है और वह देश के समृद्ध राज्यों में से एक होने का सामर्थ्य रखता है उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व ही उनकी सरकार ने चार वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है श्री यागी ने कहा इन चार वर्षो में उत्तर प्रदेश जिन संभावनाओं के लिए जाना जाता था उनकी सरकार ने उसे वह स्थान दिलाया है

पर्यटन को रोजगार सूजन का बड़ा माध्यम बताते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन की संभावनाआ को विस्तार दिया है उन्होंने कहा कि प्रयागराज क्रंभ के दौरान चौबीस करोड़ श्रद्वालु संगम तट पर पह चे

श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष दो हजार सत्रह में अयोध्या में दीपोत्सव की शुरूआत की उन्होंने कहा कि हर वर्ष दीपावली पर होने वाला यह कार्यकम आज वैश्विक आयोजन बन चूका है मुख्यमंत्री ने कहा कि मथुरा के बरसाना में आगामी बाईस और तेईस मार्च को रंगोत्सव कार्यकम का भव्य आयोजन होगा उन्होंने कहा कि द्रनिया भर में बड़ी सख्या में पर्यटक रंगोत्सव में भाग लेने के लिए आते हैं इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सूजन को बढ़ावा मिलता है श्री योगी ने कहा कि वर्ष दो हजार उन्नीस में राज्य में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना की शुरूआत की गई थी उन्होंने कहा कि इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पर्यटन क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण किया जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में शुरू की गई एक जनपद एक उत्पाद योजना आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है गोरखपूर में आज ओडीओपो योजना के अंतर्गत गारमेंट प्रदशनी के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार अट़ठारह में राज्य में एक जनपद एक उत्पाद योजना श्रू की गई थी इसका उददेश्य लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुए परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित करना और मंच प्रदान करना है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में परंपरागत उद्यम के लिए असोम संभावनाएं मौजूद हैं उन्होंने कहा कि गोरखप्र आने वाले दिनों में रेडीमेड परिधान निर्माण के केन्द्र के रूप में उभर सकता है उन्होंने कहा कि ज़िले में वर्तमान में पांच सौ करोड़ रूपये के रेडीमेड परिधान बनाए जाते हैं जबकि दो हजार करोड़ रूपये के रेडीमेड परिधान बाहर से मंगाने पड़ते हैं उन्होंने कहा कि लोगों को प्रशिक्षण देकर यहां वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है प्रदेश की भाजपा सरकार के चार वर्ष पूरा होने पर योगी सरकार की उपलब्धियों के साथ राज्य में आठ दिवसीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक और मंत्री प्रदेश सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का दस्तावेज लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं राजधानी लखनऊ के जियामऊ में आयोजित एक कार्यकम में आज प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश सरकार के चार वर्ष के कार्यो की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि योगी सरकार में सर्वांगीण एवं चौमुखी विकास हुआ है उन्होंने कहा कि रोजगार के बेहतर अवसर सृजित हो रहे हैं और उद्यमियों को बेहतर माहौल मिल रहा है प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कानपुर में प्रदेश सरकार के विकास कार्यो की पुस्तिका का विमोचन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास किया है बिजली सिंचाई और बेहतर सड़कें योगी सरकार के कार्यकाल की मुख्य उपलब्धियां हैं कुशीनगर में सांसद रमापति त्रिपाठी ने तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में चालीस सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए एक विकास पुस्तिका का विमोचन किया

इस अवसर पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि पिछले चार सालों मे प्रदेश सरकार ने विकास का एक अनूठा इतिहास रचा है उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रदेश सरकार अपने चार साल के कार्यो का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच पस्तूत कर रही है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

उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के कार्य में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को एक बड़ी जिम्मदारी निभानी है

राज्यपाल ने कहा कि कोरोनाकाल में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है उन्होंने चिकित्सकों का आहवान करते हुए कहा कि वे नई चुनातियों का सामना करते हुए चिकित्सा विज्ञान में हो रहे नित्य नये अनुसंधान के साथ चलने के लिए तैयार रहें राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा विभिन्न रूचिकर माध्यमों से दी जानी चाहिए आज विश्व गोरैया दिवस है

विश्व गोरैया दिवस के अवसर पर आज प्रदेशभर में विभिन्न जागरूकता कार्यकमों का आयोजन किया गया पीलीभीत में वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें स्कूली बच्चों को गोरैया पक्षी के संरक्षण के विषय में जानकारी दी गई मेरठ में एंवायरमेंट क्लब की ओर से गोरैयों को बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सरकारी कार्यालयों और लोगों के घरों में घोंसले लगाये जा रहे हैं ताकि गोरैयों को बचाया जा सके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वाइल्ड लाइफ साइंसेज के प्रोफेसर अफीफ़्ल्ला खां का कहना है कि प्राकृतिक जंगलों के घटने और माबाइल टॉवरों की बढ़ती संख्या से भारत में गोरैया की संख्या में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति रही तो निकट भविष्य में गोरैया को देख पाना मुश्किल होगा जौनपुर में आयोजित एक संगोष्ठी में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोज मिश्र ने कहा कि जीवनशैली में बदलाव के कारण यह प्रजाति विलुप्त होती जा रही है कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग भवन निर्माण शैली में बदलाव तथा घरों में बगीचों के अभाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में गोरैयों की संख्या तेजी से घटी है इसके लिए मोबाइल और टीवी टावरों से हो रहे विकिरण को भी उत्तरदायी माना जाता है

पक्षी प्रेमी मोहम्मद दिलावर द्वारा स्थापित नेचर फॉर एवर सोसाइटी ने गोरैया संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं

केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिये जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सतर्कता प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिये हैं

गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड के बढ़ते मामला को देखते हुए यह आदेश दिये गये हैं

श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जी ओ वी ओपन मंच मं अपने विचार साझा कर सकते हैं